कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इससे व्यापारी वर्ग से लेकर आम जन में भी चिंताएं थी इसी को देखते हए सरकार ने कृंभ में आने जाने की अनावश्यक रोक टोक को खत्म किया है लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा

इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरकी पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार क्ंभ के लिए हर तरह से मदद कर रही है कोविड दिशा निर्देश केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय क्मार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए

इसके तहत तकनीकी मानव संसाधन की कमी दूर किए जाने को प्राथमिकता प्रदान की गयी है

इनका प्रयोग टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटकों और स्थानीय जनता की स्रक्षा जलीय आपदाओं विभिन्न स्नान पर्वो कांवड़ मेला और क्म्भ मेले के दौरान किया जा सकेगा इसके साथ ही एसडीआरएफ डीप डाइविंग टीम जल पुलिस और बाढ़ राहत पीएसी दल को अत्याध्निक आपदा उपकरणों से लैस किया जा रहा है

जिले के प्लिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान का मुख्य उददेश्य भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को बाहर निकाल कर उन्हें शिक्षा दिलवाना है आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के तहत पहले चरण में भिक्षावृति कर रहे बच्चों का चिन्हीकरण दूसरे चरण में विभिन्न जागरूकता अभियान और अंतिम चरण में भिक्षा मांग रहे बच्चों के परिजनों की काउंसलिंग कर बच्चों को स्कूल भेजने और परिजनों के रोजगार की व्यवस्था के कार्य किये जाने है समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केदारनाथ धाम के प्र्ननिर्माण और बदरीनाथ धाम को स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित के कार्य प्रधानमंत्री के विजन के अन्रूप किये जाए उन्होंने कहा इस प्रक्रिया में स्थानीय व्यक्तियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाए कल नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में निर्माण कार्यो की समीक्षा की बैठक में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने दोनों धामों में किये जा रहे कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास कार्यों के अन्तर्गत पंडा समाज और स्थानीय हितधारकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाय सल्ट विधानसभा उपचनाव सल्ट विधानसभा क्षेत्र के उपच्नाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही जिले में चुनाव आचार संहिता लागू है जो मतगणना तक जारी रहेगी

इस बीच थानाध्यक्ष सल्ट धीरेन्द्र पन्त के नेतृत्व में सल्ट प्लिस के जवानों ने शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान को लेकर जालीखान शशिखाल मौलेखाल कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला जवानों ने क्षेत्र वासियों को निष्पक्ष और भयम्क्त मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया विश्व गोरैया दिवस आज विश्व गोरैया दिवस है

पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर दवारा स्थापित नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने गोरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं

कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग भवन निर्माण शैली में बदलाव और घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले क्छ वर्षो में गोरैयों की संख्या तेजी से घटी है इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी जिम्मेदार माना जाता है दतावेय होसबोले राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने दत्तात्रेय होसबोले को तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकार्यवाह च्ना है

वे भैयाजी जोशी का स्थान लेंगे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दत्तात्रेय होसबोले को बधाई दी

इस अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने काश्तकारों को प्रेरित करते हए कहा कि मध्मक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अपनाकर ग्रामीण अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं इसमें कम लागत और कम पूंजी लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है शहद का अच्छा उत्पादन होने पर इसकी ब्रान्डिंग कर अच्छी आजीविका अर्जित की जा सकती है जिलाधिकारी ने कहा कि मौन पालन के इच्छुक काश्तकारों को प्रशिक्षण के साथ साथ सब्सिडी पर मौन बाक्स भी उपलब्ध किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि मौन पालन पर्यावरण को स्वच्छ रखने और फसल उत्पादन में वृद्धि करने में भी सहायक होता है